ठीक होने वालों की दर संतानवे दशमलव चार एक प्रतिशत और बारिश के कारण प्रदेश में ठंड में तेजी से बढोतरी

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

पटना उच्च न्यायालय की फटकार के बाद यह आदेश जारी किया गया है गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई पटना उच्च न्यायालय में चल रही है इसकी अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी शिक्षा विभाग के आदेश में जांच के लिए प्रमाण पत्र सौंपने की आखिरी तारीख तेईस दिसम्बर रखी गयी है इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है विभाग के अनुसार प्रमाण पत्रों की जांच के लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी की तैनाती की गयी है वहीं निगरानी विभाग के पुलिस अधीक्षक सुबोध कुमार विश्वास ने बताया कि जांच के दौरान एक हजार एक सौ बत्तीस फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं जिनमें से चार सौ उन्नीस पर प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुका है श्री विश्वास ने कहा कि शिक्षकों के एक एक प्रमाण पत्र की जांच संबंधित बोर्ड और विश्वविद्यालयों के माध्यम से करायी जा रही है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि वर्ष दो हजार इक्कीस से जेईई मुख्य परीक्षा साल में चार बार आयोजित की जाएगी शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को अपने अंक बेहतर करने का अवसर मिलेगा उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने विभिन्न छात्र संगठनों और अन्य से प्राप्त सुझावों के आधार पर हर साल फरवरी मार्च अप्रैल और मई में परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया है श्री निशंक ने कहा कि फरवरी में तेईस से छब्बीस तारीख के बीच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उन्होंने यह भी बताया कि विद्यार्थियों को नब्बे प्रश्नों में से किन्ही पचहत्तर सवालों के जवाब देने होंगे जबकि पन्द्रह वैकल्पिक प्रश्नों की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी राज्य में लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने के लिए तैयारी शुरू कर दी गयी है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि इसके लिए प्रखंड स्तर पर टीम का गठन किया जायेगा

टीका लेने वाले सभी स्वस्थ हैं और उनमें से किसी में भी साईड इफेक्ट नहीं दिखा है अधीक्षक ने बताया कि तीसरे चरण के लिए परीक्षण में अब तक संतानवे लोगों को टीका दिया जा चुका है जिन पर नजर रखी जा रही है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख अड़तीस हजार चार सौ बासठ हो गयी है अब तक संतानवे दशमलव चार एक प्रतिशत लोग इस महामारी से ठीक हो चूके हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार सौ छियासठ मरीजों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी वहीं इसी अवधि में पांच सौ पैंसठ नये मामलों की भी पुष्टि हुई है सबसे अधिक दो सौ पैंतीस नये मामले पटना से सामने आये हैं वहीं एक दिन में तीन मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार तीन सौ बत्तीस हो गया है वहीं देश में कोविड से ठीक होने की दर पंचानवे दशमलव दो एक प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में तैंतीस हजार से अधिक संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हुए अब तक कुल चौरानवे लाख छप्पन हजार से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या तीन लाख बत्तीस हजार से अधिक है केन्द्र सरकार ने गन्ना किसानों को तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया है जो सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया वहीं केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए साठ लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देते हुए तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय किया है

कृषि मंत्रालय ने कहा कि अब तक तीन सौ नब्बे लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चूकी है मंत्रालय ने कहा कि सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों से खरीफ फसलों की खरीद चल रही है धान की खरीद बिहार पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तेलंगाना उत्तराखंड तमिलनाडु चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर केरल गुजरात आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जारी है मंत्रालय ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से अब तक तिहत्तर हजार सात सौ इक्यासी करोड़ रुपये की खरीद से लगभग चौवालीस लाख बत्तीस हजार किसान लाभान्वित हुए हैं

उन्होंने कहा कि अगस्त से लेकर नवम्बर तक जिन बीस किसानों ने अधिकतम यूरिया की खरीद की होगी उनकी सूची तैयार की जायेगी उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास और आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि राज्य के नगर निकायों को और सशक्त बनाया जायेगा अपने विभाग के कामकाज की समीक्षा के बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी निकायों में नागरिक सुविधाएं बढायी जायेंगी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो टोले और बसावट संपर्क पथ से जोड़ दिये गये हैं उनका निरीक्षण करें उन्होंने सड़कों के नियमित रखरखाव को भी आदेश दिया है प्रदेश के मौसम में पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेजी से बदलाव हुआ है राजधानी पटना सहित राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में ब्रंदाबांदी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक संजय कुमार ने कहा है कि प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर बादल छाये रहेंगे इसका मुख्य कारण मध्य प्रदेश में चक्रवात का होना है उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में काफी बर्फवारी हो रही है जिसका असर प्रदेश में देख जा रहा है इधर उत्तर भारत में कोहरे के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है पूर्व मध्य रेल ने इकतीस जनवरी तक छह जोड़ी रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है चिकित्सकों ने लोगों से तापमान में हो रहे बदलाव के कारण सावधान रहने का निर्देश दिया है इस दौरान अस्थमा ब्लड प्रेशर और सांस की बीमारी वाले मरीजों को बाहर निकालने से बचने की सलाह दी गई है दरभंगा एयरपोर्ट से अब अहमदाबाद हैदराबाद और पुणे के लिए भी उड़ान शुरू होगी विमानन कंपनी स्पाइस जेट ग्यारह जनवरी से इसके लिए टिकट की बुकिंग शुरू करेगी प्राप्त जानकारी के अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और और पुणे के लिए सप्ताह में छह दिन विमानों का परिचालन किया जायेगा राजस्व आसूचना निदेशालय डीआरआई ने पटना औरंगाबाद रोड पर एक वाहन से लगभग उन्नीस सौ किलोग्राम गांजा के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है बरामद गांजे की कीमत लगभग तीन करोड़ रूपये बतायी जा रही है सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ पांच युवकों को गिरफ्तार किया है बरामद शराब दो वाहनों में लादकर ले जायी जा रही थी गोपालगंज जिले में अलग अलग सड़क हादसों में दो छात्र समेत पांच लोगो की मौत हो गयी है जबकि ग्यारह लोग घायल हो गये बेगूसराय जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने आईडीबीआई बैंक की एक शाखा से छह लाख पैंसठ हजार रुपये लूट लिए पुलिस मामले की छानबीन कर रही है रोहतास जिले के चेनारी थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार के साथ पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह ने बताया गिरफ्तार अपराधियों पर कई आपराधिक मामले दर्ज है सीतामढ़ी जिले में रेलवे सुरक्षा बल ने बारह अवैध ई रेलवे टिकट के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार युवकों से पूछताछ की जा रही है शेखपुरा जिले में कृषि विभाग ने पराली जलाने वाले एक सौ तिरसठ किसानों की पहचान करते हुए उन्हें किसी भी प्रकार के सरकारी मदद से वंचित करने का निर्णय लिया है मुंगेर जिले में कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में असरगंज प्रखंड के अमैया पंचायत के तत्कालीन पंचायत सचिव जयप्रकाश यादव को बर्खास्त कर दिया गया है सिमुलतला आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा आज पटना में चार केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी जिला शिक्षा अधीक्षक ज्योति कुमार ने बताया कि परीक्षा एक बजे से शुरू होगी इसमें लगभग एक हजार छात्र शामिल हो रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पदस्थापित तीन दारोगा एक जमादार और उन्नीस अन्य कर्मियों को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है सभी को पुलिस लाइन में योगदान देने का निर्देश दिया गया है वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत ने कहा कि बार बार आदेश के बावजूद भी ये पुलिस अधिकारी काम में लापरवाही बरत रहे थे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 हिन्दुस्तान ने किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है समिति बनाकर कर संकट को सुलझायेंगे दैनिक जागरण ने सभी धर्मों में तलाक का समान आधार तय करने पर होगा विचार को बड़ी खबर बनाया है प्रभात खबर ने नीट की परीक्षा में सफल छात्रों के प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन नहीं करने पर शीर्षक दिया है स्टेट टॉप ट्वेंटी में शामिल किसी स्टूडेंट ने बिहार के मेडिकल कॉलेजों में नहीं कराया अपना एडमिशन दैनिक भास्कर ने कोचिंग संस्थानों के संचालकों के कोचिंग खोलने की मांग पर सुर्खी देते हुए लिखा है थियेटर होटल मंदिर मॉल स्वीमिंग पूल खोले जा सकते हैं तो कोचिंग संस्थान क्यों नहीं पांच लाख लोग बेरोजगार

ठीक होने वालों की दर संतानवे दशमलव चार एक प्रतिशत और बारिश के कारण प्रदेश में ठंड में तेजी से बढोतरी